राहुल गांधी ने गुरुद्वारा में माथा टेका और केन्द्र राज्य सरकारों पर लगाया आरोप छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी

शिवराज जन आशीर्वाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के सिरोंज में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को किसानो की याद आने लगी है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को तो यह तक नहीं पता कि प्याज जमीन के अंदर होता है या ऊपर श्री चौहान ने भाजपा के शासनकाल में किसानो के हित में किये गये कामो का ब्यौरा देते हुए बताया कि अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के शासनकाल तक राज्य में साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती थी जो अब बढ़कर चालीस लाख हेक्टेयर हो गई है राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को नौकरी में दिये गये आरक्षण का जिक करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शिक्षकों के पद में पचास प्रतिशत पद और पुलिस भर्ती में पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं मुख्यमंत्री का सभा के बाद सिरोंज में रोडशो भी हुआ राहुल गाँधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राज्य और केन्द्र सरकार पर हमले बोले उन्होंने श्योपूर और सबलगढ़ की आमसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया श्री गांधी ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश विकास में पिछड़ रहा है और दुष्कर्म व कुपोषण के मामले में आगे बढ़ रहा है राहुल गांधी ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन ग्वालियर के किले पर स्थित श्री दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे में माथा टेका इस मौके पर सिख समाज द्वारा श्री गांधी का सम्मान किया गया श्री गांधी का जौरा से मुरैना तक का रोडशो चल रहा है वैंकैया नायड् उप राष्ट्रपति वैंकेया नायड् ने कहा है कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले बिना किसी डर के अनुचित कार्यों की जानकारी दे सके

श्री नायडू ने कहा कि कर भुगतान प्रत्येक कंपनी का सिद्धांत होना चाहिए और एसोचैम जैसे निकायों को अपनेसदस्यों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए आदर्श आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जहां अवैध हथियारों की जब्ती की जा रही है वहीं वाहनों की सघन तलाशी का अभियान जारी है लायसेंसी शस्त्रों को जमा कराया जा रहा है और सरकारी और निजी संपत्ति का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है हमारे खण्डवा संवाददाता के अनुसार नगर में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आज आरएएफ और सीआईएसएफ की एक एक कंपनी यहां पहुंच चुकी है और इन सुरक्षा बलों ने शहर का जायजा लिया बैतूल के जिला अधिकारी ने अपराधी किस्म के दो व्यक्तियों को जिलाबदर किया है इसी तरह अशोकनगर रायसेन सीहोर आगर मालवा देवास आदि स्थानो पर मतदान के प्रति लोगों में जागृति लाने का अभियान चलाया जा रहा है रामपाल कारावास हरियाणा के सतलोक आश्रम के मुखिया और खुद को धर्मगुरू बताने वाले रामपाल को हिसार की अदालत ने आजीवन कारावास की सर्जा सुनाई है

अदालत ने इन सभी पर एक एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है रामपाल और उसके साथियों को पिछले बृहस्पतिवार को दो मामलों में दोषी करार दिया गया था सजा सुनाने से पहले स्थानीय प्रशासन ने वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किये थे क्योंकि रामपाल के हजारों अनुयायियों के हिसार पहुंचने की आशंको थी अर्द्वसैनिक बलों और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों को भी हाई अलर्टे पर रहने को कहा गया है चुनाव प्रसारण समय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और मिज़ोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारण समय आवंटित कर दिए हैं

आयोग ने कहा है कि प्रसारण सुविधा आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों और छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और मिजोरम में मुख्यालयों से उपलब्ध होगी और राज्य के भीतर अन्य स्टेशनों से भी यह रिले किया जायेगा

प्रसारण की अवधि इन राज्यों में पहले चरण के चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान के दो दिन पहले तक होगी प्रसार भारती आयोग के परामर्श से प्रसारण की वास्तविक तिथि और समय निर्धारित करेगा पार्टियों के प्रसारण के अलावा प्रसार भारती आकाशवाणी और द्रदर्शन पर अधिकतम दो पैनल की परिचर्चा भी आयोजित करेगा

भाजपा रायशुमारी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से रायशुमारी शुरू कर दी है इसके तहत पार्टी के दो दो प्रमुख पदाधिकारी प्रत्येक जिले में प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे यह रायश्रमारी कल भी जारी रहेगी

साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र से तीन तीन नाम का पैनल भी मांगा

पॉल का पर्सनल कंप्यूटर को लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान था

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

नवरात्रि नवरात्रि के सातवें दिन आज राजधानी सहित प्रदेश के अन्य मंदिरो में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहा विभिन्न देवी मंदिरों में अखण्ड ज्योति प्रज्वलित की जा रही है तो वहीं रतजगा का दौर जारी है भोपाल में दुर्गा पण्डालों में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाए विराजमान हैं और बड़ी संख्या में श्रद्वालू दर्शन के लिए पहॅच रहे हैं वहीं शहर में गरबा कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है सतना जिले के मैहर में मॉ शारदा उज्जैन के हरसिद्धि देवी के मंदिर जबलपुर के त्रिपुर सुन्दरी देवी के मंदिर में भक्तों का सुबह से तांता लगा हुआ है इसके अलावा देवी पण्डालों में भजनकीर्तन और ऑर्केस्ट्रा का दौर जारी है हमारे डिण्डौरी संवाददाता के अनुसार श्रद्वालुओं ने देवी मंदिर क्षेत्र में ज्वारे बोये हैं तो रामलीला का मंचन जारी है

इस मौके पर वन्य प्राणी सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की गई